हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज फरीदाबाद के बल्लभगढ में विभिन्न परियोजनाओं का भाुभारंभ किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान ने देश के प्रत्येक नागरिक का आत्म विश्वास और इच्छा शक्ति बढाई है और इसका प्रभाव हर गरीब व्यक्ति के जीवन में नजर आ रहा है नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय स्वच्छता केन्द्र के उदघाटन के बाद अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान हमारी सामाजिक चेतना और व्यवहार में स्थाई बदलाव लाया है उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वच्छता केन्द्र महात्मा गांधी के सफाई के प्रति प्रयासों को सच्ची श्रद्वांजलि है

केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने एक लाख करोड़ रूपए की कृषि आधारभूत संरचना निधि के तहत वित्तीय सुविधा की केन्द्रीय योजना को स्वीकृति दी थी